कहा कोरोना वॉरियर्स को टीके में प्राथमिकता देकर कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है राष्ट्र प्रदेश में तीन सौ ग्यारह केन्द्रों पर डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को लगाई गई वैक्सीन प्रधानमंत्री ने की स्टार्टअप्स के लिए एक हजार करोड रुपये के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये वाराणसी और केवड़िया के बीच शुरू की गई नई रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत का कोविड टीकाकरण अभियान मानवीय सिद्वांतों पर आधारित है उन्होंने कहा कि इसमें उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें संक्रमण का सबसे अधिक खतरा है कल दृनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का श्मारम करते हए श्री मोदी ने कहा कि कोरोना टीका पहले उन लोगों को दिया जाएगा जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है उसे पहले टीका लगेगा जो हमारे डाक्टर्स हैं नर्सिस हैं अस्पताल में सफाई कर्मी है मेडिकल पेरामैडिकल स्टॉफ हैं वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट मेँ सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवायों और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है श्री मोदी ने कहा कि टीकाकरण अभियान के पहले चरण में तीन करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा

प्रधानमंत्री ने पिछले कई महीनों से कोरोना टीका बनाने में लगे वैज्ञानिकों की सराहना की उन्होंने कहा कि इतने कम समय में देश में दो टीके तैयार करना गर्व की बात है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बने टीके विदेशी टीकों से सस्ते हैं लेकिन उनकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं हैं ये भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती हैं और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है

वहीं भारत की वैक्सीन ऐसी तकनीक से बनाई गई है जो भारत में बरसो से ट्राइल और टेस्टिड है श्री मोदी ने कहा कि टीके की दो खुराक देना जरूरी है और इन दोनों के बीच लगभग एक महीने का अंतर होना चाहिए टीके की दूसरी खुराक के दो सप्ताह बाद प्रतिरक्षक क्षमता विकसित हो जाएगी मैं सभी देशवासियों को फ़िर यह बात दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन को दो डोज लगनी बहुत जरूरी है एक डोज ले लिया और फ़िर भूल गए ऐसी गलती मत करना और जैसा एक्सपर्टस कह रहे हैं पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग एक महीने का अंतराल भी रखा जाएगा

उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे पहली खुराक लेने के बाद मास्क का इस्तेमाल करने और सुरक्षित दूरी बनाये रखने में लापरवाही न बरतें श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ कोविड महामारी से निपटा है महामारी के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों और संक्रमण के जोखिम की आशंका वाले अन्य कर्मचारियों के सामने आई मुश्किलों का जिक्र करते हुए वे काफी भाव्क हो गए उन्होंने कहा कि भारत इस महामारी से जिस तरह निपटा उसकी दुनियाभर में प्रशंसा हुई है प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरूआत हो गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित बलरामप्र चिकित्सालय में टीकाकरण अभियान का अवलोकन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकरण अभियान से अब इस महामारी पर पूरी तरह से क़ाबू पाया जा सकेगा

उन्होंने यह मी कहा कि अमी संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है इसलिए हर स्तर पर जागरूक रहने की आवश्यकता है

उन्हॉने कहा कि राज्य में कम से कम डेद ताख कोरोना नमूनों की जांच प्रतिदिन की जानी चाहिए और जांच का कार्य पूरी क्षमता के साथ चलाया जाए मुख्यमंत्री ने कोरोना चैन को तोड़ने के लिए कांटेक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस व्यवस्था को पूरी सक्रियता के साथ चलाने के लिए कहा उन्होंने कहा कि कोविद अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं बेहतर चुस्त दुरुस्त रखी जाएं और जनपदों में इंटीप्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल केंट्रों को पूर्ण सक्रिय रखा जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि टीकाकरण के बावजूद लोगों को जागरूक करते रहने की आवश्यकता है उन्हें सोशल डिस्टीसिंग और मास्क पहनने के लिए लगातार प्रेरित किया जाए

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ

स्टार्टअप्स इंडिया इंटरनेशनल समिट प्रारम्भ में स्टार्टअप्स के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि उद्यमियों के लिए श्रूआती दौर में पूंजी की आसान उपलब्यता होना बहत जरूरी है स्टार्ट अप्स को शुरुआती पूंजी उपलब्ध कराने के लिए देश एक हजार करोड़ रुपये का स्टार्ट अप इंडिया सीड फंड लॉन्च कर रहा है

अब हमें अगले पांच सातों का लक्ष्य तय करना है और ये लस्य होना चाहिए कि हमारे स्टार्ट अप्स हमारे यूनीकॉन्स अब ग्लोबल जाइंट के तौर पर उभरें

इनमें से पांच हजार सात सौ से अधिक आईटी क्षेत्र में और तीन हजार छह सौ से अधिक स्वास्थ्य क्षेत्र में हैं श्री मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में भी एक हजार एक सौ स्टार्टअप्स कार्य कर रहे हैं उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स इंडिया सीड फंड से सहायता देशभर में चुने हुए इन्क्यूबेटरों के जरिये प्राप्त की जा सकती है प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्टार्टअप्स में देश का भविष्य बदलने की क्षमता है श्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप्स में जो आत्मविश्वास है वह कभी कम नहीं होना चाहिए और हमेशा कायम रहना चाहिए स्टार्टअप इंडिया अभियान के पांच साल पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने इवोल्यूशन ऑफ स्टार्टअप इन इंडिया नाम की एक पुस्तक का विमोचन भी किया

आकाशवाणी से बातचीत में उत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल के मण्डलीय रेल प्रबन्धक संजय त्रिपाठी ने कहा कि वाराणसी से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचने में लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ में सेना की केन्द्रीय कमान के अस्पताल के आधुनिकतम भवन की आधारशिला रखी

इस अस्पताल में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि हमें दोहरी खुशी मिली है जहां एक तरफ न्यू कमांड हास्पिटल की आधारशिला रखी जा रही है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण सर्दी के मद्देनज़र रैनबसेरों के सुचारू संचालन और अलाव की मज़बूत व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है श्री योगी कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कामों की समीक्षा कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कामगारों और श्रमिकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है

जिन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है वे हैं कुँवर मानवेन्द्र सिंह गोविन्द नारायण शुक्ल सलिल विश्नोई अश्वनी त्यागी डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति और सुरेन्द्र चौधरी